प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्च्अल माध्यम से श्भारंभ किया इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कोरोना के टीके की प्रतीक्षा कर रहा है और यह प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं होगी उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा आगरा में स्मार्ट सुविघाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग एक हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था वो भी बनकर तैयार है मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ अब आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा प्रधानमंत्री ने मेट्रो सेवाओं के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार अब स्थानीय पर्यटन पर विशेष ध्यान देगी उन्होंने कहा कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में देश पैंसठवें स्थान से चाँतीस वे स्थान पर पहंच गया है श्री मोदी ने कहा कि दो हजार चौदह तक भारत में दो सौ पच्चीस किलोमीटर मेट्रो लाइनें थीं जो पिछले छः वर्षो के भीतर बढ़कर साढे चार सौ किलोमीटर से अधिक हो गयी है अकेले उत्तर प्रदेश में सात मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली रैपिड रेल प्रणाली दिल्ली से मेरठ तक निर्माणाधीन है और हरित हवाई अड्डे सहित कई अन्य विकास कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा मेट्रो परियोजना से राज्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और आम जनता को यातायात का सुगम साधन मिलेगा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राज्य में उनके विभाग की सभी परियोजनाएं तीव्र गति से चल रही हैं उन्होंने कहा कि देशभर की सात सौ दो किलोमीटर मेट्रो लाइनों में से छियासी किलोमीटर उत्तर प्रदेश में हैं देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड नाइन्टीन के करीब तैंतीस हजार नए मामले सामने आए है इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमितों की संख्या छानबे लाख सतहत्तर हजार से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान महामारी में तीन सौ इक्यानबे लोगों की मौत हई हे देश में मृतकों की कल संख्या एक लाख चालिस हजार पांच सौ तिहत्तर हो गई है अमी देश में तीन लाख छानबे हजार सात सौ से अधिक सक्रिय मामले हैं कल उन्तालिस हजार से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए है अब तक करीब बानबे लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर चौरानबे दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गई है भारतीय आय्र्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कोविड के करीब चौदह करोड अठहत्तर लाख नमनों की जांच की जा चुकी है कल आठ लाख से अधिक नमनों की जांच की गई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक सौ चालिस दिनों के बाद संक्रमित रोगियों की संख्या चार लाख से नीचे आ गई है एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि पिछले सात दिन से देश में दस लाख की आबादी पर एक सौ छियासी मामले सामने आने की पुष्टि हुई है जबकि यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर पांच सौ चार है भारतीय सशस्त्र सेना इंडा दिवस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सुचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से शहीद जवानों दिव्यांग सैनिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देने का आह्वान किया है एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि हमारे जवान देश के रक्षक हैं और उन्होंने नागरिकों की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं उन्होंने कहा कि हमें बहादर जवानों के शोर्य और देशमक्ति के लिए उन्हें नमन करना चाहिए श्री मोदी ने कहा है कि यह दिन सशस्त्र बलों और उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर है उन्होंने कहा कि देश को उनकी बहादरी और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है सशस्त्र सेना झंडा दिवस उन्नीस सौ उन्वास से हर साल सात दिसम्बर को सेना नौसेना और वायुसेना के जवानों के सम्मान में मनाया जाता है लोग वेबसाइट केएसबी डॉट जीओवी डॉट इन पर योगदान कर सकते हैं यह योगदान आयकर की धारा उन्नीस सौ इकसठ अस्सी जी के अंतर्गत कर मुक्त है